इस चरण में विभिन्न राज्यों में उत्तीस अप्रैल को मतदान होगा नौ अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकते हैं और बारह अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकते हैं चौथे चरण में प्रदेश की तेरह लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे ये सीटें हैं शाहजहांप्र खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा कन्नौज कानप्र अकबरप्र जालौन झांसी और हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने ओडिशा के लोगो के कल्याण के लिये पक्की व्यवस्था की और राज्य में विकास परियोजनाए चलाई उन्होंने नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार पर राज्य के विकास में तेजी लाने के मामले में केन्द्र से सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया श्री मोदी ने राज्य के लोगो से अपील की कि वे केन्द्र और राज्य दोनों जगह भाजपा सरकार लाने के लिए बोट दें उन्होंने कहा कि ओडिसा को भी उत्तर प्रदेश में दो हजार सत्रह और त्रिपुरा में दो हजार अट्ठारह का इतिहास दोहराना चाहिए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए श्री मोदी ने कहा की एनडीए सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में एक करोड़ चालिस लाख लोगों के बैंक खाते खोले गए और पचास लाख घरों में शौचालयों का निर्माण करवा कर महिला सुरक्षा की व्यवस्था की गई कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है घोषणा पत्र में पार्टी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी और रोजगार उपलब्ध कराने के वायदे किए हैं नई दिल्ली में एक जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना में न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत पार्टी ने पांच करोड़ गरीब परिवारों को वार्षिक बहत्तर हजार रुपये उपलब्ध कराने का वायदा किया है छह हजार रुपये की मासिक किस्त के रूप में उनके बैंक खातों में जमा कराई जायेगी रोजगार के मुद्दे पर राहल गांधी ने कहा कि पार्टी ने मार्च दो हजार बीस तक बाईस लाख रिक्त पदों को भरने का वायदा किया है और ग्राम पंचायतों में दस लाख यवाओं को रोजगार दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनरेगा की आलोचना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो वर्तमान एक सौ मानव दिवस को बढ़ाकर डेढ़ सौ कर दिया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि तीन वर्षो तक भारतीय युवाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी शिक्षा के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने वादा किया है कि सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा उन्होंने कहा कि पार्टी ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की समीक्षा का वायदा किया है और नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग के पुनर्गठन का वायदा किया है पार्टी ने लोकसना और विघानसभाओं में महिलाओं को सैंतीस प्रतिशत सीट आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विघेयक पारित कराने को भी कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछली सरकारों ने अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य किया होता तो भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति होता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति से ही देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से ही आज देश विश्व की छः अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है मुख्यमंत्री योगी आज गोरखप्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में सकारात्मक कार्य करने वाले दल को वोट दें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया नामांकन दाखिल करने वाले प्रमुख लोगों में बरेली से केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार और रामपुर से प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खाँ शामिल रहे बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज उच्चतम न्यायालय में प्रदेश में अपनी आदमकद प्रतिमा के निर्माण को उचित बताते हए कहा कि ये प्रतिमाएं लोगों की भावनाओं की प्रतीक है प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने शीर्ष न्यायालय में दायर हलफनामे में कहा है कि उनके और अन्य नेताओं के स्मारक और प्रतिमाओं का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक सुधारकों और नेताओं के सिद्वांतों को बढ़ावा देना है देश आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मना रहा है हर वर्ष यह दिन ऑटीज़म के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है ओटीज्म एक मस्तिष्क विकार हैं जिससे प्रभावित व्यक्ति को आमतौर पर संवाद करने में परेशानी होती है यह विकार बचपन में शुरू होता है जो बड़े होने तक बना रहता है इस वर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस का विषय एसिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टीव पार्टिसिपेशन है